अयोध्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के आने वाले फैसले के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है इस संबंध में आज राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पूलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की बैठक में सभी अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाये रखने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिये गये साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी अंकुश लगाने के हर संभव उपाय करने को कहा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व को इको ट्ररिज्म के मामले में पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रुप में विकसित किया जायेगा श्री कुमार पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर में नवनिर्मित इको पार्क के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं टाइगर रिजर्व में उपलब्ध करायी जायेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी आयोजित की जायेगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के हर किसान को पानी उपलब्ध हो इसके लिए त्रिवेणी नहर से गाद निकालने और सुरक्षा बांध का काम दो हजार बीस तक पूरा किया जायेगा उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरूआत की गयी है समारोह को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जल संसाधन मंत्री संजय झा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद ने भी संबोधित किया केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने आज नई दिल्ली में आपात स्थितियों की रोकथाम और उन्मुलन के उपायों पर चर्चा के लिए बैठक में यह बात कही इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं गृहमंत्री ने कहा कि भारत ने आपदाओं से निपटने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है गया जिले की एक अदालत ने चौवालीस वर्ष प्राने एक मामले में अदालती आदेश की अवहेलना के आरोप में जिलाधिकारी आवास की नीलामी का आदेश दिया है इससे संबंधित इश्तेहार जिलाधिकारी आवास पर चिपका दिया गया है मामले में अपील करने वाले नसीम गोरगानवी के बेटे वसीमुद्दीन अहमद ने बताया कि वर्ष उन्नीस सौ छिहत्तर में उनके पिता की लाईसेंसी हथियार की दुकान को तत्कालीन जिलाधिकारी ने बंद करवा दिया था अदालत ने इस मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन को जब्त हथियार के बदले मुआवजा देने का आदेश दिया था लेकिन अब तक मुआवजे की रकम नहीं मिली है इधर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी है और न्यायालय का जो भी फैसला आयेगा वह मान्य होगा बेगूसराय जिले की एक निचली अदालत ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति की रिहाई का आवेदन खारिज कर दिया है दोनों को चौदह नवम्बर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान चेरियाबरियारपुर स्थित उनके आवास से कारतूस मिलने का मामला दर्ज किया गया था मंजू वर्मा और उनके पति ने आवास को संयुक्त परिवार का बताते हुए मामले में रिहाई का आवेदन दिया था

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खगड़िया में मेडिकल कॉलेज के स्थापना को लेकर स्थानीय सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को पत्र लिखा है अपने पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस दिशा में प्रशासनिक पहल के लिए वे स्वयं के स्तर से प्रयास करेंगे राज्य सरकार की कथित विफलताओं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तेरह नवंबर को महागठबंधन में शामिल घटक दलों के साथ ही वामदल सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में महागठबंधन और वाम दल की ओर से आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी चारा घोटाले में रांची जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब बाईस नवम्बर को सुनवाई होगी लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज से पटना प्रस्तक मेला शुरू हो गया है मेले में देश भर के एक सौ दस से अधिक प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाये हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस बार मेले का थीम पेड़ पानी और जिंदगी पर आधारित है अठारह नवम्बर तक चलने वाले पुस्तक मेले में हर दिन साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा प्रदेश में आज देवोत्थान एकादशी पारम्परिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर लोगों ने गंगा समेत विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया और तुलसी के पौधे तथा गन्ने और शकरकंद जैसे कृषि उत्पादों की पूजा की यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है आज से ही शादी विवाह जैसे श्रभ कार्य भी प्रारंभ हो जायेंगे

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा है कि संदिग्ध दिमागी ब्रखार से प्रभावित पांच प्रखंडों के दो सौ छब्बीस प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के लिए छह दिनों के भीतर निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी

सारण जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत चौरासी नये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर खोले जायेंगे

जमुई जिले में अवैध रूप से शिक्षकों का वेतन भुगतान करने और पटना हाईकोर्ट के एक आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण शिक्षा भवन के लिपिक कृष्ण कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र स्थित जवाहर सेतु से एक ट्रक के अनियंत्रित होकर सोन नदी में गिर जाने से चालक और सह चालक की मौत हो गयी नवादा नगर थाना के मछली मार्केट से उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक कार से सात सौ चालीस पाउच देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है पूर्णियां जिले में सदर थाना क्षेत्र के सनोली चौक के पास किन्नर मुस्कान की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी सहयोगी काजल को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लखनसराय गांव में भूमि विवाद को लेकर एसएसबी के एक जवान की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है